कांग्रेस कार्यकारिणी मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला इकाइयों को भंग कर दिया गया है

जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया गया है

इन महिला अधिकारियों ने मध्यम आकार वाले हेलीकॉप्टर को उड़ाकर पहली ऑल व्मन क्र बनने का गौरव प्राप्त किया भारतीय वायुसेना की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि तीनों महिला अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान से आगे स्थित एयरबेस पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र से युद्धक प्रशिक्षण मिशन के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी जेटली स्वास्थ्य सरकार ने केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली की सेहत को लेकर चल रही खबरों को आधारहीन और अफवाह करार दिया है सरकार के प्रवक्ता और पीआईबी के प्रमुख महनिदेशक सितांशु कर ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि मीडिया को भी इस तरह की अफवाहों से बचना चाहिये कार्यशाला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आज भोपाल में पेयजल स्त्रोतों के स्थायित्व पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से प्रशासन अकादमी में आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ लोक स्वास्थ्य मंत्री सुखदेव पांसे किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने के लिये जल स्त्रोतों को अक्षुण्य बनाये रखने की जरूरत है

स्थानातरंण प्रदेश सरकार ने आज महत्वपूर्ण माने जाने वाले जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ राजेश कुमार राजौरा को पदस्थ किया है डॉ राजेश राजौरा मध्यप्रदेश माध्यम के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी निभाएंगे डॉ राजौरा उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में भी कामकाज देखेंगे अभी तक जनसंपर्क विभाग में अपर मुख्य सचिव रहे एम गोपाल रेड्डी को जल संसाधन विभाग में भेजा गया है वे नर्मदा घाटी विकास विभाग भी संभालेंगे

वे राज्य में बालाघाट और धार समेत महत्वपूर्ण जिलों में कलेक्टर का दायित्व निभा चुके हैं वे जनसंपर्क आयुक्त रह चुके हैं राज्य सरकार ने इसके अलावा सागर संभाग आयुक्त मनोहरलाल दुबे को राज्यपाल का सचिव पदस्थ किया है

इसमें राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर अपनी बात रखेंगे वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओमप्रकाश रावत चुनाव और मीडिया साख का सवाल विषय पर व्याख्यान देंगे

इस अवसर पर डॉक्टर मंगला अनुजा के शोधग्रंथ आधी दुनिया की पूरी पत्रकारिता का विमोचन भी किया जायेगा

ग्रामीण विकास जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान की संचालक उर्मिला शक्ला ने भोपाल में विकासखण्ड अधिकारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर आज कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रामीण विकास है पंचायत राज्य संस्थाओं द्वारा ग्रामीण विकास के लिये शासन की कल्याणकारी योजनाओं का निचले स्तर तक क्रियान्वयन किया जाता है उन्होंने कहा कि विकासखण्ड अधिकारी ग्रामीणों से सीधे संपर्क में रहते हैं इसलिये ग्रामीण विकास में इन अधिकारियों की अहम भूमिका होती है

सहायता राशि छत्तीसगढ़ में पिछली पांच अप्रैल को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद भोपाल निवासी सीआरपीएफ जवान हरीशचन्द्र पाल के परिजनों को राज्य सरकार ने एक करोड़ रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है

मौसम राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है

मौसम विभाग का कहना है कि देश के मध्य क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने के कारण मैदानी इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां प्रभावित हुई हैं

राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आकाश साफ रहेगा